सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि ऑन लाइन सामग्री के क्षेत्र में फिल्म निर्माताओं और प्रसारकों को से स्व नियंत्रण की उम्मीद की जाती है

बिलास र में क ाल मोचन मेले का मुख्य स्नान आज आधी रात से शुरू होगा

आज नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नवाचार से जुड़ी उ लब्धियां प्रदर्शित करने के लिए आयोजित रक्षा सम्मेलन डेड़ कनेक्ट को सम्बोधित करते हये श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे सफल स्टाट अध गर्व का विष्य है रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षो भारत रक्षा नवाचारों में ओर प्रगति करेगा श्री सिंह ने कहा कि देश में जो जो सामर्थ्य है उससे देश दस से सन्द्रह वर्षो मे दस हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बन जायेगा

ऑन लाइन सामग्री फिल्म प्रमाणन और फिल्मांकन को सरल बनाने के विनियमनय र आयोजित सेमिनार में उन्होंने यह बात कही इस सेमिनार का आयोजन त्र सूचना ब्यूरो ने चेन्नई में किया है अमित खरे ने कहा कि आत्म विनियमन के लिए संहित बनाने की जरूरत है श्री खरे ने इस बात र संतृष्ठि व्यकत की कि आत्म विनियमन का तरीका आयोध्या मुद्दे र सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़ी रि ोटिंग के सम्बध में कारगर सिदव हआ है उन्होंने कहा कि भारत में बनाई जा रही फिल्मों के प्रति विश्व भर मे गहरी रूचि ली जा रही है उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय फिल्म उद्योग सबसे अधिक रोज़गार सुजन और राजस्व ज्टाने वाले उद्योगों में से एक है आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है प्रत्येक वर्ष आज के दिन यह दिवस स्वतंत्र भारत के हले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जंयती र मनाया जाता है इस अवसर र मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश ोखरियाल निशंक वीडियों कांफ्रेसिंग का माध्यम से देभी के केन्द्रीय विदयालयों के छात्रों से बातचीत की

हरियाणा सरकार की केन्द्रीय रीक्षा समिति ने अगले महीने होने वाली विभिन्न विभागों की विभागीय रीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है

आज शिरोमणि ग्रूद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सुल्तानपुर लोधी में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है जो ग्रूद्वारा श्री संत घाट से श्रू हआ और शहर के विभिन्न स्थानों एवं बाज़ारों से होते हुये गुरूद्वारा श्री बेर साहिब में देर रात समाप्त होगा सुल्तानपुर लोधी से हमारे सवांददाता सुकेत ग्प्ता ने बताया कि नगर कीर्तन मे हज़ारों की तादाद में सगतें हिस्सा ले रही है श्रद्वाल्ओं एवं विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह चाय कौड़ें और फल के लंगर भी लगाये गये है जाब और हरियाणा में भी भारी संख्या में संगते नगर कीर्तन में हिस्सा ले रही है विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भी वाणी का प्रवाह लगातार चल रहा है इस उसलक्ष्य में आज अम्बाला के मंजी साहिब गुरूद्वारा से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया ांच प्यारों की अगुवाई में भव्य ालकी र श्रदवालूओं ने माथा टेका

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के म्ख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज सुल्तानपुर लोधी मे ऐतिहासिक ग्रूदवारा बेर साहिब में माथा टेका और श्री ग्रू नानक देव जी के प्रति श्रदवा व्यक्त की

जहां एक ओर पूरा सुल्तानपुर लोधी ग्रू नानक देव जी के रंग में रंगा नज़र आया वहीं दूसरी ओर ंजाब के ड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री गुरू नानक देव जी के दर र नतमस्त्क हो रहे है

शिखले एक सप्ताह में चल रहे प्रकाशशर्व के विभिन्न आयोजनों में प्रधानमंत्री सहित देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही है बिलास र स्थित तीर्थ राज क ाल मोचन मेले का मुख्य स्नान कार्तिक प्र्णिमा र आज आधी रात के बाद शुरू होगा और यहां स्थित क ाल मोचन सरोवर ऋण मोचन सरोवर और सूरजक्ंड सरोवर में लाखों की संख्या में श्रद्वालु प्र्णिमा सर आस्था की डुबी लगायेंगे मेले में मुख्य प्रशासक मुक्ल कुमार ने बताया कि आज चौथे दिन ांच लाख से ज्यादा श्रद्वाल् हृंच चुके है कल तक ये संख्य सात लाख तक हृंचने की आशा है मेला क्षेत्र में स्रक्षा व्यवस्था कडी क्रर दी गई है और प्रे क्षेत्र में हर गतिविधि र नज़र रखने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाये गये है और मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारी और कर्मचरी ूरी तरह मुस्तैद है क्षाल मोचन मेले के प्राशसनिक खंड की ठीक सामने यात्री निवास केन्द्र स्थापित किये गये है जहां से यात्री मेला क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों बाज़ारों व वित्र सरोवरो की ओर जाने वाले रास्तों की जानकारी हासिल कर रहे है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ग्प्ता ने कहा है कि मात भूमि र अ ने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के बलिदान को कभी भ्लाया जा सकता वे आज ंचकूला केा जलौली गांव में शहीद कैप्टन रोहित कौशल के चौबीसवें बलिदान दिवस सर आयोजित कबड़डी समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि रोहित कौशल ने जम्मू कश्मीर के लिए अ ने प्राणों की आह्ति दी

इस पुरी प्रक्रिया में शहीद रोहित कौशल जैसे बहादुर सैनिकों का अमूल्य योगदान है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद क्मारी ने प्र्व मुख्य च्नाव आय्कत श्री टी एन सेशन तथा फरीदाबाद के जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री बी आर ओझा के निधन पर गहरा द्रख व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि श्री सेशन ने पूरी ईमानदारी के साथ देश की सेवा और च्नाव स्धार में महत्व र्ण भूमिका निभाई

क्मारी शैलजा ने श्री सेशन व श्री ओझा के शोकसंत त रिवारों के साथ संवदेनायें व्यक्त की है हरियाणा लिस ने फतेहाबाद जिले के भूना इलाकों से नशा तस्कर को एक किलो सौ ग्राम अफीम के साथ काबू किया है कड़ी गई अफीम की कीमत बाज़ार में दो लाख रू ये के करीब है आरोपी की हचान भूना के मॉडल टाउन निवासी कुलदी सिंह के रू में हुई है वो मध्यप्रदेश से अफीम लाकर फतेहाबाद में इसे सप्लाई करने वाला था आज कोर्ट में ऐश किये जाने र उसे ुलिस रिमांड र भेज दिया गया है